गौरतलब है कि ये योजना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भुखा नहीं रहे

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई दिनों से टिड्डी दलों ने पडाव डाल रखा है जिले के जिन गांवों में रात के समय टिड्डी दलों का स्थायी रूप से पडाव होता है वहां कृषि विभाग टिड्डी नियंत्रण संगठन स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर से कीटनाशक का छिडकाव करवाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि शहरी वन शहरों के लिए फेफड़ों की तरह काम करेंगे और कार्बन को कम किया जा सकेगा

करौली में जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ राजपूत रेजीमेंट के शहीद सूबेदार रघुनाथ सिंह की वीरांगना महाराजी देवी ने किया

प्रतापगढ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने सेल्फी लेकर मैं सतर्क हूं सेल्फी अभियान का आगाज किया भरतपुर में जिला कलेक्टर ने व्यापारियों पल्लेदारों और उद्योगपतियों से कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने तथा सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना करने का आग्रह किया इन सभी लोगों को इस बारे में शपथ भी दिलाई गई बीकानेर में कार्टून के माध्यम से कोरोना संकमण से बचाव का संदेश दिया गया सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर जिले के पिपराली में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत सफाई अभियान शुरू कियाइस दौरान पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया और लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की गई

वेबीनार में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक रीज़न डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कोरोना काल में योग के साथ साथ बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की जरूरत पर बल दिया वेबीनार के शुरू में प्रादेशिक लोकसंपर्क ब्यूरो जयपुर की निदेशक ऋतु शुक्ला ने वेबीनार के उद्देश्यों की जानकारी दी वेबीनार में उदयपुर चित्तौडगढ राजसमंद भीलवाड़ा डूगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अलावा राज्य के अलग अलग शहरों के सौ से भी अधिक लोगों ने भाग लिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपचन्द की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की है

इस मौके पर विधायक अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल तथा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे स्थानीय लोगों ने बूंदी शहर में पानी की समस्या को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया

श्री बिरला ने बूंदी जिले में इस साल फरवरी में हुई मेज नदी दुखांतिका में बूंदी जिले के मृतकों के आश्रित को प्रधानमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत आर्थिक सहायता के चैक भी प्रदान किए

राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक इस समिति में शामिल हैं और इस समिति से कल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है कोविड महामारी को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठती रही है

इस सामग्री का निर्माण मंदिरों में चएाये गए फूल और नारियल से किया गया है संस्थान के निदेशक बद्रीलाल मीणा ने बताया कि यह तकनीक सरलसस्ती तथा पर्यावरण के अनुकूल है